इसका एक प्रमुख कारण प्रदेश में कोरोना के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था शासकीय एवं अनुबंधित निजी चिकित्सालय में करना भी है

मंडला की जिला जेल में एक कैदी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है

न्यायालय ब्याज उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान बकाया ऋण भुगतान पर ब्याज की छूट पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है लॉकडाउन के दौरान छह महीने तक ऋणों के भुगतान पर ब्याज माफी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हए शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस मामले में रिजर्व बैंक के रवैये ने भ्रम की स्थिति बनाई है न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को केवल कारोबार के बारे में ही नहीं बल्कि लोगों की दुर्दशा के बारे में भी सोचना चाहिए केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक नियामक के रूप में बैंक इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा कालाबाजारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यूरिया और खाद्य सामग्री की कालाबाजारी और मिलावट कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी श्री चौहान ने कल मंत्रालय में आयोजित बैठक में कहा कि किसानों और राशन उपभोक्ताओं के लिये संचालित योजनाओं में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कारगर कदम उठाये जायें उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों पर मुकदमें दर्ज हों और उनके वाहन भी राजसात किए जाए पेंशन डिजी लॉकर पेंशन और पेंशनधारक कल्याण विभाग ने केन्द्र सरकार के सिविल पेंशनधारकों की आसानी के लिए इलेक्ट्रोनिक पेंशन भुगतान आदेश को डिजी लॉकर से जोड़ने का फैसला किया है इससे पेंशन धारक महालेखा नियंत्रक के इलेक्ट्रोनिक पेंशन भुगतान आदेश का डिजी लॉकर एकाउंटस से तुरंत प्रिंट ले सकेंगे इस पहल से डिजी लॉकर में उनके पेंशन भुगतान आदेश का स्थायी रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा और नए पेंशनधारकों तक पेंशन भुगतान आदेश पहंचाने में देरी से बचा जा सकेगा फास्टैग केन्द्र सरकार ने पूरे देश के राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर किसी भी छट के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजमार्गो पर निर्बाध यात्रा सुनिश्चिवत करने के लिए यह फैसला किया गया है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में यह निर्णय लिया गया

बैठक में इन्दौर और भोपाल मेट्रो क्षेत्रों को मेट्रो पोलीटन क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया खेलमंत्री निरीक्षण खेल एवं युवक कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी पॉलिटेनिक कॉलेज और आईटीआई संस्थानों को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिये हैं कल दोनों संस्थानों का निरीक्षण करने के दौरान श्रीमती सिंधिया ने कहा कि एक रोडमैप तैयार करके उनके अधोसंरचना स्किल डव्लपमेंट और रोजगार से जोड़ने के कार्य किये जाये नीट राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेईई मेन्स और नीट परीक्षा के लिए केन्द्रों की संख्या में वृद्धि कर दी है

एक वीडियो संदेश में संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश तमिलनाडु उत्तर प्रदेश कर्नाटक पश्चिम बंगाल और गुजरात में नए सर्किल बनाए गए हैं श्री पटेल ने कहा कि घोषित नए सर्किलों में त्रिची रायगंज राजकोट जबलपुर झांसी और मेरठ शामिल हैं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भोपाल के साथ जबलपुर को एक नए सर्कल के रूप में घोषित किया गया है इसमें जबलपुर रीवा शहडोल और सागर संभागों के स्मारकों को शामिल किया जाएगा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में उच्च स्तरीय बैठक में ये बात कहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि नये अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो और जिसके पास आवश्यक बुनियादी संरचना हो प्रायवेट मार्केट यार्ड प्रायवेट मार्केट उपयार्ड और डायरेक्ट कय केन्द्र स्थापित कर सकेगा इसके लिए शासन से लायसेंस लेना होगा श्री चौहान ने बताया कि अधिनियम के अनुसार व्यापारी को किसान की फसल खरीदने के बाद उसी दिन फसल का भुगतान करना होगा कृषक को भुगतान के बाद ही व्यापारी कृषि उपज का परिवहन कर सकेगा जंगल कैम्प वनमंत्री कृंवर विजय शाह ने कल भोपाल विदिशा रोड पर बने सतधारा ईको जंगल केम्प का शुभारंभ किया इस दौरान उन्होंने कहा कि जंगल केम्प के माध्यम से पर्यटक प्रकृति से जुड़ सकेंगे मध्यप्रदेश ईको पर्यटकों विकास बोर्ड द्वारा तैयार किये गये इस परिसर से जल जंगल पर्यावरण और ऑक्सीजन को समझने में मदद मिलेगी वनमंत्री ने बताया कि जंगल केम्प को पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप में लाया जायेगा

उनके लिए जल्द ही जिले में यूरिया उपलब्ध कराई जायेगी

इसमें बच्चों को अपराध से बचने की जानकारी दी जायेगी

वहीं मंडला में बारिश का दौर जारी है मौसम विभाग ने आज उमरिया कटनी जबलपुर दमोह सागर रीवा सहित दस जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है